सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने आज शिमला में एक बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि इन्हें जल्द ही बाहय वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उन्होंने कहा कि भारत सरकार के माध्यम से ब्रिक्स व एशियन विकास बैंक को परियोजना के पहले चरण के लिए करीब आठ सौ करोड़ रूपये का प्रस्ताव भेजा जाएगा मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने किसानों की आय दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी का सपना साकार करने के लिए किसान मेले लगाने पर बल दिया है सोलन जिले के धर्मपुर में आज किसान मेले में उन्होंने कहा कि धर्मपुर सब्जी मंडी को सुदृढ़ कर किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव संहजल ने मेले को किसानों के लिए फायेदमंद बताते हए किसानों से कृषि योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्व तरीके से पर्याप्त व कार्यशील श्रम शक्ति उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि हाल ही में चिकित्सकों के चार सौ पद भरने को मंजूरी दी गई है जिनमें से दो सौ ऐलोपैथी और दो सौ पद आयर्वेद चिकित्सकों के हैं विपिन परमार ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के सुजन पर बल दिया जा रहा है

मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा इस पुस्तक को हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है स्मृति ईरानी ने कहा कि हार्ड कॉपी के साथ इसका ई वर्जन भी उपलब्ध रहेगा उन्होंने आशा जताई कि अगले वर्ष ये पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी पासपोर्ट सांसद शांता कुमार ने कांगड़ा स्थित मुख्य डाकघर में प्रदेश के पांचवे पासपोर्ट केंद्र का आज शुभारंभ किया इससे जिले के लोगों को पासपोर्ट बनवाने में सुविधा मिलेगी विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग ने विभिन्न राज्यों के मुख्य डाकघरों में पासपोर्ट खोलने का निर्णय लिया है इसका उदेश्य बड़े पैमाने पर पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार करना है वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को स्कलों व आंगनबाडी केंद्रों में बने शौचालयों के निरीक्षण का निर्देश दिया है नाहन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करे की शिक्षण संस्थानों में बने शौचालयों का उपयोग बच्चों द्वारा किया जा रहा है या नहीं वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया गया है ताकि गंदगी के कारण किसी महामारी के फैलने की संभावना न बने

इंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल बनने से लोगों को उपचार की बेहतर सुविधा मिलेगी बाल्लाटाह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक खुशीराम बाल्नाटाह ने आज शिमला में हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

इस मौके बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे बाद में पत्रकारों से बातचीत में ख्शीराम बाल्नाटाह ने कहा कि बैंक का कारोबार बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार व प्रसार उनकी प्राथमिकता रहेगी सोफत पूर्व मंत्री महेन्द्र नाथ सोफत ने भाजपा में वापसी के संकेत दिए हैं शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आर एस एस के स्वयंसेवक हैं और भाजपा की विचारधारा से कभी भी उनका मतभेद नहीं रहा

कार्यशाला लाहौल स्पिति जिला नेहरू युवा केन्द्र ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिलाने और उनके क्षमता निर्माण के लिए केलंग में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया एसडीएम अमर नेगी ने कहा कि रोहतांग टनल बनने से घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेगीं और युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक राम सिंह थॉमस ने प्रधानमंत्री रोज़गार सुजन योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी दी संदीप कुमार कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि रैडकॉस सोसायटी सदैव ज़रूरतमंद लोगों की सहायता व सेवा में तत्पर है और सभी को रैडकॉस गतिविधियों में सकिय योगदान देना चाहिए